हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष को सदन द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर समितियों के सदस्य नामज़द करने का अधिकार दिया गया

उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करने की जरूरत है

प्रधानमंत्री ने आज सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के म्ख्यमंत्रियों के साथ हुई एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज हम जहां पहंचे है उससे जो विश्वास आया है उसे लापरवाही में नहीं बदलना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोग बिल्कुल भी न घबरायें और लोगों को महमारी की समस्याओं से छटकारा दिलाने के लिए प्रयास किये जायें श्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों को अपील की कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए माईक्रो कनटेनमेंट ज़ोन बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया जायें

इस मौके पर उप मुख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी उनके साथ थे मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड जांच की सुविधा बढ़ाने पॉजीटिव व्यक्ति के समपर्क का पता लगाना और क्लीनिकल प्रबंधन पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के साथ प्रदेश मे जन जागरूकता गतिविधियों को बढ़ावा जा रहा है वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कोविड उचित व्यवहार पर भी ज़ोर दिया जा रहा है और भीड़ वाले स्थानों व शिक्षण संस्थानों में दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है

जब यह प्रस्ताव प्रस्त्त हुआ तो कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने इससे सहमति जताते हये कहा कि समितियों के अध्यक्ष विपक्ष से नामित किये जायें उन्होंने क्छ सदस्यों को एक से ज्यादा समितियों का सदस्य बनाये जाने पर भी ऐतराज जताया उनकी मांग का विधायक रघ्बीर कादियान द्वारा अनुमोदन किया गया और कहा कि अगर अध्यक्ष विपक्ष से होगा तो प्रशासकीय ग्ण्वत्ता में सुधार होगा विधानसभा अध्यक्ष दवारा यह कहे जाने पर कि पीछे रही परम्रपा अन्सार ही समितियां बनाई जा रही है विधायक गीता भुक्कल ने भी प्रस्ताव का समर्थन करते हये कहा कि सदस्यों से समिति बारे उनकी पसंद पूछने की नई परम्परा श्रू की गई है और अध्यक्ष चाहे तो इस बारे भी नई परम्परा शुरू हो सकती है विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्प्ता ने कहा कि आपने बहत अच्छे सुझाव दिये है और सुझावों पर विचार किया जायेगा

विधानसभा में आज शून्य काल के दौरान कांग्रेस विधायक किरन चौधरी ने आरोप लगाया कि नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक यानि कैग की रिपोर्ट सदन के पटल पर देरी से रखी गई है जिस कारण विधायकों को इसे पढ़ने का समय नहीं मिला

विधायका किरन चौधरी ने कहा कि आमतौर पर कैग की रिपोर्ट बजट के साथ ही रखी जाती है इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने विधायका का भरोसा दिलाया कि अगली बार कैग की रिपोर्ट पहले सदन के पटल मे रख दी जोगी इस दौरान विधायका गीता भुक्कल ने कहा कि उनको दी गई कैग रिपोर्ट की सी डी उनको दिये गये लैपटोप मे नहीं चल रही और उन्होंने सुझाव दिया कि जब तक विधानसभा की कार्यवाही पूरी तरह कागज़ रहित नहीं हो जाती तब तक इसे पेन ड्राईव मे दिया जायेगा ताकि विधायक इसे पढ़कर सदन में अपनी बात रख सके विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगली बार आपको सीडी की जगह पेनड्राईव उपलब्ध करवा दी जायेगी

बिजली मंत्री ने यह जानकारी आज विधानसभा में विधायक डॉ कमल ग्रुप्ता दवारा लगाए गए एक प्रश्न के उत्तर में दी

उन्होंने सदन को बताया कि इसके अलावा हिसार के बीच से ग्जरने वाले हाईवे की भी बिजली की तारों को भूमिगत करने के लिए गंभीरता से विचार किया जा रहा है

आयकर और प्रवर्तन निदेशालय की एक संयक्त टीम ने आज हरियाणा के समालखां से विधायक धरम सिंह छोक्कर उनके परिवार व रिश्तेदारों के कई व्यापारिक और आवासीय परिवारों पर छापेमारी की जिन परिसरों का छापेमारी की गई उनमें घर पैट्रोल पम्प और समालखां फरीदाबाद ग्रूग्राम हिसार चंडीगढ़ व अन्य स्थानों पर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठान शामिल है